सबसे अधिक पटना जिले में निन्यानवे नये मामले दर्ज किये गये

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

विभिन्न जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में वैक्सीन के रख रखाव के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है गौरतलब है कि पुणे स्थित सीरम इन्स्ट्टीयूट ऑफ इंडिया से चौवन हजार नौ सौ वाइल कोविड टीके की पहली खेप पटना पहुंच चुकी है इसे एनएमसीएच स्थित भंडारण केन्द्र में रखा गया है जहां से विभिन्न जिलों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है शनिवार को शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के लिये प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड टीका की वाइल पहुंचने का सिलसिला जारी है समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के ग्यारह स्थानों पर टीकाकरण केन्द्र बनाये गये हैं जहां उन्नीस हजार पंजीकृत लोगों को टीका लगाया जायेगा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि केन्द्र सरकार के गाईड लाईन के अनुसार टीकाकरण अभियान की सफलता के लिये जिले में दस कोषांग बनाये गये हैं

इधर अरवल जिले में तीन स्थानों पर कोविड टीकाकरण होगा जिले के सिविल सर्जन अरविंद कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल उच्च विद्यालय कलेर और मध्य विद्यालय कूर्था में टीका केन्द्र बनाये गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार सम्पर्क में है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि वे वैक्सीन के परिवहन को लेकर शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखे श्री भूषण ने कहा कि टीकाकरण को लेकर लोगों को धैर्य बनाये रखना चाहिए उन्होंने कहा कि चार कोविड टीके और हैं जो देश में निर्मित किये जा रहे हैं और जल्द ही इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी

डॉक्टर पांडे ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है साउंड बाईट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं हैए पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है और अखबार की जो जानकारियां हैं उनको पढ़ के एगजाइटी क्रिएट करने वाली बात नहीं है

राज्य के मुख्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एनके सिन्हा ने कहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोविड का टीका सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरा है उन्होंने कहा कि बिहार में कोविड टीकाकरण को सफल बनाने के लिये सभी आवश्यक इंतजाम किये गये हैं डॉक्टर सिन्हा आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिजनल आउटरीच ब्यूरो और पीआईबी द्वारा आयोजित वेब कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने कहा कि टीकाकरण को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाये जा रहे हैं जिसे दूर करने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कार्यशाला में यूनीसेफ और राज्य स्वास्थ्य समिति के विशेषज्ञों ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो सौ चौरानवे नये मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक निन्यानवे मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं बेगूसराय से बीस नालंदा में पंद्रह और मुजफ्फरपुर में चौदह नये मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव पांच एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सत्रह हजार आठ सौ सत्रह रोगी स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या एक करोड़ एक लाख उनतीस हजार से अधिक हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने विमानन कंपनी इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश क्मार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिये हैं श्री कुमार ने कहा कि अपराधियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल किया जायेगा और उन्हें कठोर सजा दिलायी जायेगी मुख्यमंत्री ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल से बातचीत की और कहा कि राज्य में किसी तरह की अपराध की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि वे स्टेशन मैनेजर हत्याकांड को लेकर काफी गंभीर हैं और पूरे मामले पर नजर बनाये हुए हैं इधर डीजीपी ने कहा कि हत्याकांड के उद्भेदन के लिये विशेष कार्यबल का गठन किया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है गौरतलब है कि कल अज्ञात अपराधियों ने पटना के पुनाईचक इलाके में स्टेशन मैनेजर की उनके फ्लैट के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने रूपेश हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की है हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन अपराध पर नियंत्रण पाने में विफल साबित हुआ है औरंगाबाद जिले के बारूण थाना क्षेत्र अंतर्गत सीरिस गांव में एक मकान में छापेमारी कर प्रुलिस ने साढ़े तीन करोड़ रूपये मूल्य की हेरोईन तथा अफीम जब्त की है जब्त की गयी अफीम की मात्रा एक किलोग्राम जबकि हेरोईन का वजन छह सौ साठ ग्राम है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुप कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान भनक पाकर इस मादक पदार्थ के तस्कर घटनास्थल से फरार हो गये उन्होंने बताया कि जांच में दो लोगों की संलिप्तता पायी गयी है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है बर्फीली पछुआ हवा के कारण प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी हवा की रफ्तार पन्द्रह से बीस किलोमीटर प्रतिघंटे होने के कारण ठंड में और वृद्धि होगी

कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषि इनपुट अनुदान के लिये किसानों को अद्यतन भूमि लगान की रसीद जमा करना अनिवार्य नहीं होगा श्री सिंह ने कहा कि जिनके पास भूमि लगान का नया रसीद नहीं होगा उनके भी आवेदन स्वीकृत किये जायेंगे प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जा रहा है प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में भ्रामक खबरें फैलायी जा रही हैं जो आधारहीन और गलत हैं प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केन्द्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है आकाशवाणी केन्द्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई सामाजिक सांस्कृ तिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे केन्द्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष बीस दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और यह खबर पूरी तरह निराधार है मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में आज आठ लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गरहा चौक के पास स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े पांच लाख रूपये लूट लिये वहीं सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाढ़ा गांव में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से तीन लाख रूपये लूट लिये बेगूसराय जिले के गणेश दत्त महाविद्यालय का छिहत्तरवां स्थापना दिवस समारोह आज धूमधाम से मनाया गया विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस अवसर पर सर गणेश दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और विधान पार्षद सर्वेश कुमार भी उपस्थित थे बक्सर जिले के चर्चित राजेन्द्र केशरी हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने कुख्यात अपराधी शेरू सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड में कुसुम्भा बेलदरिया गांव में पचास बच्चों में चेचक और खसरा का प्रकोप फैल गया है इसकी सूचना के बाद चिकित्सकों का दल प्रभावित बच्चों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहा है सासाराम व्यवहार में पेशी के लिये लाये गये छह फर्जी परीक्षार्थियों को छुड़ाने के लिये उनके परिजनों ने आज पुलिस पर हमला कर दिया पुलिस ने इस प्रयास को विफल कर दिया अररिया जिले के अररिया फारबिसगंज मुख्य मार्ग पर सिरसिया पोठिया के पास सड़क दुर्घटना में फारबिसगंज के पुलिस उपाधीक्षक गौतम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये उन्हें पूर्णिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत की उप मुख्य पार्षद मनीषा कुमारी के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है इसके बाद उन्हें उप मुख्य पार्षद की कुर्सी गंवानी पड़ी है और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर सोलह जनवरी से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज

सबसे अधिक पटना जिले में निन्यानवे नये मामले दर्ज किये गये

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी